इनमें आईजीएमसी से संजौली तक बनने वाला स्मार्ट पैदल यात्री पथ बहुमंजिला पार्किंग और आईजीएमसी की नई ओपीडी के लिए लिंक रोड़ शामिल है उन्होंने शिमला के लिए उठाउ पेयजल योजना चाबा का लोकार्पण भी किया तथा चार सौ छ करोड़ रूपए की लागत से शिमला शहर के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी नगर निगम महापौर सत्या काँडल उपमहापौर शैलेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सात जनवरी को शिमला में होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से स्वीकृति मिलने के बादे प्रदेश विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्होंने कहा कि विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रही है इसके लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही है ताकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छी व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके वीरेन्द्र कंवर आज उना में हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके पर उपस्थित रहे कंवर ने कहा कि सरकार की प्राथमिता नए शिक्षण संस्थान खोलने के बजाए मौजूदा संस्थानों को सुदृढ करने की है उन्होंने कहा कि ग्प्रमीण परिवेश से आने वाले मेघावी छात्रों को कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए उना सुपर फिफ्टी कार्यक्रम की शुरूआत की गई है बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच सालों में नींबू के पांच लाख पौधे रोपित किए जाएंगे ताकि लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके ये बात विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुई कही बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की जलवायु नींबू प्रजाति के अनुकूल है उन्होंने अधिकारियों को नींबू के उन्नत किस्म के पौधे किसानों को उपलब्ध करवाने को कहा

इस बीच पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने भी आज हिमाचल प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया

इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी सी बडालिया और सेवानिवृत्त मुख्य वास्तुकार आरकेवर्मा ने रेरा के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला गोविंद वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि हरी भरी वादियों और स्वच्छ वातावरण के कारण ही हर वर्ष लाखों पर्यटक कुल्लू मनाली आते हैं ऐसे में यहां के वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखना प्रत्येक मनाली वासी का कर्तव्य है गोविंद ठाकुर आज मनाली में राष्ट्रीय शरदोत्सव की तैयारियों और नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सफाई अभियान के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस वर्ष आयोजन समिति ने शरदोत्सव के दौरान स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है उन्होंने सभी मनाली वासियों से इस अभियान में सहयोग की अपील की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा तैयार की गई किसान डायरी का विमोचन किया इस किसान डायरी में विभिन्न बागवानी और कृषि वानिकी फसलों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में जानकारी है जो किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए फायदेमंद होगी विश्वविद्यालय के कुलपति परविन्द्र कौशल भी इस मौके पर मौजूद रहे हिमकेयर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी हिमकेयर योजना के तहत आज से प्रदेश भर में एक बार फिर पंजीकरण शुरू हो गया

हिमकेयर के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रूपए के निशुल्क इलाज के सुविधा का प्रावधान है जिन परिवारों के पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम के कार्ड थे और जिन्होंने कार्ड का हिमकेयर योजना के अंतर्गत नवीकरण नहीं करवाया है वह भी इस अवधि में नवीनीकरण करवा सकते हैं शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और उन्हें नववर्ष की श्भकामनाएं दी शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी रेरा के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राजभवन जाकर राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाए दी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर उन्हें नववर्ष की बधाई दी आरट्रेक शिमला ने नववर्ष के मौके पर विशेष सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता आर्मी कमांडर लैफिटनेंट जनरल पीसी थिम्मैया ने की उन्होंने सभी सैनिक व सिविलियन पदों पर तैनात स्टाफ द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यो की सराहना की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी उन्होंने प्रशिक्षण के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका के लिए भी अधिकारियों की पीठ थपथपाई इस बीच सोलन जिला के कण्डाघाट रेलवे स्टेशन पर नेहरू युवा केंद्र ने पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया इस दौरान जहां पर्यटकों को तिलक लगाकर और मिट्ठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया वहीं स्वच्छता का भी संदेश दिया इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हिमाचली नाटी का भी आयोजन किया गया जिसमें पर्यटक भी खूब झूमे मौसम प्रदेश वासियों को अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग से जारी ताजा पूर्वानुमानों में कहा गया है कि दो और तीन जनवरी को राज्य के मध्यम तथा अधिक उंचाई वाले ज्यादातर स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होगी इस दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना हैं प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का ये सिलसिला सात जनवरी तक जारी रहने की उम्मीद है मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक मौसम में ये बदलाव हिमालय क्षेत्र में सकिय ताजा पश्चिमी विक्षोभ से आएगा इस बीच आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही जिससे अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है